बिहार में दो लाख छह हजार से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण

पटना में सबसे अधिक एक हजार तीन सौ बयासी नये मामलों की प्रष्टि

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केन्द्र सरकार ने कहा है कि टीका उत्सव के पहले दिन सत्ताईस लाख उनहत्तर हजार लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया इनमें से पच्चीस लाख सैंतालीस हजार व्यक्तियों को टीके की पहली डोज दी गई जबकि दो लाख बाईस हजार से अधिक व्यक्तियों को दूसरा टीका लगाया गया इधर प्रदेश में टीकाकरण उत्सव के पहले दिन कल दो लाख छह हजार तीन सौ चौवन लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये हैं इनमें से एक लाख इक्यानवे हजार तीन सौ बावन लोगों को टीके की पहली डोज जबकि पन्द्रह हजार दो लोगों को दूसरी डोज दी गयी राज्य में अब तक पचास लाख एक हजार चार सौ अड़तालीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है चार दिन का टीका उत्सव कल समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर देशभर में शुरू हुआ यह इस महीने की चौदह तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सपन्न होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले दिन अनेक कार्य स्थलों पर टीकाकरण केन्द्र संचालित किये गये रविवार होने के कारण इनमें से अधिकतर केन्द्र प्राइवेट कार्य स्थलों पर चलाये गये मंत्रालय के अनुसार औसतन पैंतालीस हजार कोविड वैक्सीन केन्द्र काम कर रहे थे लेकिन कल तिरसठ हजार आठ सौ टीकाकरण केन्द्र संचालित किये गये इस तरह टीका उत्सव के पहले दिन टीकाकरण केन्द्रों में औसतन अठारह हजार आठ सौ केन्द्रों का इजाफा हुआ देश में कोविड उन्नीस से बचाव के लिए कुल मिलाकर दस करोड तैंतालीस लाख टीके लगाये जा चुके हैं मंत्रालय ने बताया कि नौ करोड से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है इनमें चार करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सभी लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर चौदह अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें श्री जावडेकर ने लोगों से कोविड के खिलाफ देश की मुहिम का एक हिस्सा बनकर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है बाईट जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं हमलोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है प्रदेश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार सात सौ छप्पन नए मामलों की पुष्टि हुई है जो एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है इनमें से एक हजार तीन सौ बयासी मामले पटना से सामने आए हैं भागलपुर से तीन सौ दो गया से दो सौ नब्बे मुजफ्फरपुर से एक सौ इक्यानवे जहानाबाद से एक सौ पैंसठ बेगूसराय से एक सौ तेरह सिवान से एक सौ आठ और मुंगेर से एक सौ दो पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक हजार तिरपन मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव दो चार प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में छह मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार छह सौ दस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चौदह हजार पांच सौ छियानवे है जिसमें सबसे अधिक पटना से पांच हजार आठ सौ दो मामले हैं कल कोविड के निन्यानवे हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई महाराष्ट्र के मुम्बई और पूर्ण से पटना जंक्शन आने वाली चार ट्रेन के चौंसठ यात्री कोरोना जांच में संक्रमित पाये गये हैं इन्हें मिलाकर अभी तक महाराष्ट्र से पटना पहुंचने वाले संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ पांच हो गई पीएमसीएच के दो चिकित्सक समेत नौ स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं पटना में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा कर दो सौ पचपन कर दी गयी है इसमें सबसे अधिक एक सौ इक्यावन कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल में हैं पीएमसीएच में कोरोना पीड़ित एक जीवित व्यक्ति को मृत बताकर शव उपलब्ध कराने के मामले में हेत्थ मैनेजर अंजलि को बर्खास्त कर दिया गया है गौरतलब है कि एक मृतक का शव दूसरे मरीज के परिजन को सौंप दिया गया था जिसका खुलासा अंतिम संस्कार के समय हो सका था पीएमसीएच प्रशासन द्वारा जिस व्यक्ति को मृतक बताया गया था वह जीवित है इधर इस मामले में पटना के जिलाधिकारी ने पीएमसीएच प्रशासन से जवाब तलब किया है राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए छह सौ पचास करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव के पहले चरण को मंजूरी दे दी है उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि ये प्रस्ताव मध्रबनी गोपालगंज और पूर्वी चम्पारण जिले के लिए हैं उन्होंने बताया कि मधुबनी के लोहट के लिए चार सौ करोड़ रूपये गोपालगंज के लिए एक सौ तैंतीस करोड़ और मोतिहारी के लिए एक सौ बीस करोड़ रूपये का प्रस्ताव आया है श्री हुसैन ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े पन्द्रह प्रस्ताव सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़े इकतीस निवेश प्रस्ताव को भी प्रथम चरण की मंजूरी दी गयी है कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से ही सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की खरीद होगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गेहूँ खरीद के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके अनुसार किसानों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी किसान अपनी जमीन का रकबा और उत्पादन का आंकड़ा स्वयं के हस्ताक्षर से क्रय केन्द्रों पर सौंपेंगे वहीं बटाईदार किसानों को आवासीय पता के लिए पहचान पत्र देना होगा रैयत किसानों से एक सौ पचास क्विंटल और बटाईदार किसानों से पचास क्विंटल गेहूँ की खरीद होगी इस साल सहकारिता विभाग ने सांकेतिक रूप से एक लाख टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा है जिसे बढ़ाया जा सकता है इस बार गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है कृषि विभाग ने कृषि इनपुट अनुदान योजना का आवेदन लंबित रखने वाले अधिकारियों से जवाब तलब किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार प्ररी योजना की समीक्षा की जिम्मेदारी विभाग के विशेष सचिव को दी गयी है गौरतलब है कि कई जिलों में अब भी हजारों आवेदन लंबित हैं जिस कारण किसानों को अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराये पर ली गयी सम्पत्ति को संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति नहीं माना जा सकता है चाहे वह सम्पत्ति परिवार के मुखिया या प्रबंधक ने ही क्यों न ली हो पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को निरस्त करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम से जुड़ी किताबें अब ई लाईब्रेरी के रूप में उपलब्ध होंगी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि ई लाईब्रेरी में सभी कक्षाओं की पुस्तकें डिजिटल फॉरमेट में उपलब्ध होंगी

श्री सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह इस परियोजना के शुरू होने की सम्भावना है मौसम विभाग ने आज से दक्षिण बिहार के चौदह जिलों में लू चलने की आशंका जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्म पछुआ हवा के कारण लू की स्थितियां बन रही हैं पटना गया नालंदा शेखपुरा नवादा बेगूसराय बक्सर लखीसराय भोजपुर रोहतास कैमूर औरंगाबाद अरवल और जहानाबाद जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने लोगों से दिन के दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कम्पनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य महाप्रबंधक को पद से हटा दिया गया है साथ ही कम्पनी की सचिव समेत अट्ठाईस अन्य कर्मियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में बरती गयी गड़बड़ी और परियोजना की प्रगति असंतोषजनक पाये जाने पर ये कार्रवाई की गयी है मुंगेर में प्रतिमा विर्सजन के दौरान कथित रूप से पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत के मामले में पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तेरह पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है नवादा शराबकांड मामले में पुलिस अधीक्षक धूरत सायली सावला राम ने कौआकोल थानाध्यक्ष समेत चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है इधर इस मामले की एक आरोपी उषा देवी की गिरफ्तारी हुई है कैमूर जिले के रामगढ़ थानाध्यक्ष राजीव कुमार को एक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के करमी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में दो बच्चों की जलकर मौत हो गयी पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत सगुना मोड़ के पास पुलिस ने दो तस्करों को पांच लाख रूपये मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है राज्य में सक्रिय संक्रमितों में आधे अड़तालीस घंटों में मिले दैनिक भास्कर की सुर्खी है दूसरी लहर में पटना के दस इलाके ऐसे जहां सौ से अधिक मरीज कंकड़बाग टॉप पर प्रभात खबर ने देश में टीका उत्सव की शुरूआत को अपनी पहली सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है टीका उत्सव कोरोना के खिलाफ दूसरा महायुद्ध दैनिक आज की सुर्खी है सुशील चन्द्रा होंगे नये मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है अब न्यूनतम तापमान भी हुआ सामान्य से ऊपर लोग हो रहे हलकान

बिहार में दो लाख छह हजार से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण

पटना में सबसे अधिक एक हजार तीन सौ बयासी नये मामलों की प्रष्टि